मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से प्रभावित पीड़ित परिवारों को हरसम्भव सहायता उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अट्ठानबे प्रतिशत से अधिक हुई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं लोकसभा में उत्तराखंड आपदा पर अपने वक्तव्य में कल अमित शाह ने यह आश्वासन दिया इससे पहले गृहमंत्री ने राज्यसभा में इस बारे में अपने बयान में कहा कि आपदा से निपटने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति को चौबीस घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है

गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ है उन्होंने अधिकारियों को इस आपदा से प्रभावित हुए लोगों को पूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हए मृख्यमंत्री ने कहा कि समन्वय बनाकर इस आपदा में घायल हए प्रदेश के लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री ने आपदा में दिवंगत व्यक्तियों के पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए उत्तराखंड आपदा में प्रदेश के लापता व्यक्तियों के खोज और बचाव के लिए लखनऊ के राहत आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है यह कक्ष चौबीस घंटे कार्य कर रहा है परिजन लापता व्यक्तियों का विवरण राहत हेल्पलाइन नम्बर एक शुन्य सात शुन्य तथा वाट्सऐप नंबर नौ चार पांच चार चार एक शुन्य तीन छः पर दर्ज करा सकते हैं इस बीच आपदा प्रभावित क्षेत्रों से अब तक बत्तीस शव निकाले जा चुके हैं राज्य सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अन्सार एक सौ चौहत्तर लोग अभी भी लापता हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोग्नी करने की दिशा में कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसान अपनी फसल का दाम स्वयं तय करें ताकि उन्हें उनकी उपज का वास्तविक मूल्य मिल सके गोरखपुर में कल एक कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों और प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता में राज्यपाल ने कहा कि किसान जैविक खेती को बढ़ावा दें और रासायनिक खादों के उपयोग को कम करें राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से भी वार्ता की और ब्यौरा हमारे संवाददाता से गोरखपुर दौरे पर आर्यी राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से भी बातचीत की महिलाओं ने उन्हें बताया कि कैसे समूह से जुड़ने के बाद उनकी आय में वृद्धि हुई है राज्यपाल ने कहा कि समूहों से जुड़कर महिलाए आर्थिक रूप से आत्मनिर्मेर बन रही हैं जो एक सुखद अनुभूति देता है राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा पर विवेश जोर देते हुए कहा कि लोग विषेशकर महिलाएं बेटा बेटी में भेदभाव न करें और बेटियों को बेहतर शिक्षा दें इससे पूर्व राज्यपाल ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

श्रीमती पटेल ने भरोसा जताया कि युवा प्रौद्योगिकी के उपयोग से समाज की कई समस्यायों का समाधान निकाल सकते हैं कार्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप कुमार सिंह भी उपस्थित रहे उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में तकनीकी की अहम भूमिका होगी आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला प्रदेश विधानसभा का इस वर्ष का पहला सत्र आगामी अट्ठारह फरवरी से आहूत किया गया है प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने बताया कि उस दिन पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की बैठक आहूत की गई है अट्ठारह फरवरी को राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी जारी कार्यक्रम के अनुसार बाईस फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये सभी प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सभी मंडलों में आर्गेनिक कृषि उत्पादों को प्रमाणित करने वाली प्रयोगशालाओं की स्थापना को गति दी जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विमिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती में अपार संभावनाएं मौजूद है जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान समय की मांग है इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय को दोग्ना करने के संकल्प को साकार करने में बड़ी मदद मिलेगी प्रदेश में कक्षा छः से आठ तक के विद्यालय आज से खुल रहे हैं कोविड महामारी शुरू होने के लम्बे अंतराल के बाद पहली बार छात्र विद्यालय पहुंचेंगे विद्यालयों में कोविड के दिशा निर्देशों का अनुपालन जरूरी होगा फिलहाल पचास प्रतिशत छात्रों को ही विद्यालय में बुलाए जाने की अनुमति है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर अट्ठानबे प्रतिशत से अधिक है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में बीमारी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नही हुयी राज्य के सैंतीस जिलों में पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण का एक भी मामला सामने नही आया इस बीच प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ तेरह लोगों में संक्रमण की पृष्टि हयी है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार तीन सौ छः है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि पिछले एक दिन में राज्य में कोविड के एक लाख पन्द्रह हजार आठ सौ आठ नमुनों की जांच की गयी अब तक प्रदेश में दो करोड़ नवासी लाख बारह हजार चार सौ सात नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी जौनपुर सीमा के पास एक सडक दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है श्री मोदी ने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है यह दूर्घटना कल तड़के एक जीप के ट्रक से टकराने से हुई जीप में सवार सात लोग मारे गए और पांच घायल हो गए जीप पर सवार बारह लोग बनारस में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे थे घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं केन्द्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन के लिए नई केन्द्रीय योजना शुरू की है ऐसे दस हजार संगठनों के निर्माण और उन्हें बढावा देने के लिए अड़सठ अरब पैंसठ करोड रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि किसान उत्पादक संगठन उत्पादक समूहों में विकसित किये जायेंगे सदस्यों के लिए बाजार सुलभ कराने तथा अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए कृषि और बागानी फसलों के उत्पादकों के संगठन बनाये जा रहे हैं केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से चलाई जाने वाली इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से एफपीओ बनाये जायेंगे और उन्हें बढावा दिया जायेगा फिलहाल ऐसी नौ एजेंसियों के नाम तय किये गये हैं ये कार्यान्वयन एजेंसियां पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक एफपीओ को पंजीकृत करेंगी और उन्हें पेशेवर सहायता उपलब्ध करायेंगी यह कार्य क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीबीबीओ के जरिये किया जाएगा प्रदेश सरकार ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के दुष्प्रभावों के बारे में पश्पालकों और जन सामान्य को जागरूक करने का आहवान किया है मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने एक बैठक में बताया कि ऑक्सीटोसिन औषधि शेडयूल एच वन औषधि है पश्ओ में दूध उतारने के लिये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का दुरूपयोग पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम उन्नीस सौ साठ के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है